उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नामांकन पत्र जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में दाखिल किये जायेंगे प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है उधर शिवपूरी में भी आज से जिले की पांचों विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो जायेगा प्रशासन ने प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की संभावित भीड़ को देखते हुए कोर्ट रोड और कलेक्ट्रोरेट जाने वाले रोड पर बेरिकैट्स लगाये हैं प्रत्याशी चयन प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आज से नाम निर्देशन पत्र दाखिल होना शुरू हो जायेंगे लेकिन खास बात यह है कि अब तक दोनों ही बड़े राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप नहीं दे पाई है कल नई दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज अरूण जेटली नरेन्द्र सिंह तोमर और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया

संभवतः आज पार्टी की पहली सूची जारी की जा सकती है उधर कांग्रेस ने भी अभी तक प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची भी जारी नहीं की है देर रात तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में प्रत्याशियों को लेकर माथा पच्ची चलती रही कांग्रेस भी आज अपनी पहली सूची जारी कर सकती है

दोनों बड़ी पार्टीयों को छोड़ दें तो अन्य दलों ने बड़ी संख्या में उम्मीद्वार घोषित कर दिये हैं इनमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे है जबकि बहजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी कई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का एलान कर दिया है

मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया कि मध्यप्रदेश और राजस्थान की सीमा पर कल पुलिस ने एक करोड़ रूपये नगद जब्त किया मुरैना निर्वाचन की एसएसटी और पुलिस बल र्ने अल्लावेली चेकिंग के दौरान ये रूपये बरामद किये

इसके अलावा भी प्रदेश में चुनाव आचार संहिता को देखते हुए सख्ती से वाहन चेकिंग की जा रही है

आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सौ दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत देश के सौ जिले शामिल किये जाएगें विभिन्न केन्द्रीय मंत्री सरकार और वित्तीय संस्थाओं से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को भिलने वाली विभिन्न सुविधाओं से उद्यमियों को अवगत कराने के लिये इन जिलों का दौरा करेंगे वित्तमंत्री अरुण जेटली और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री गिरीराज सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे इस कार्यक्रम से इस क्षेत्र को और मजबूती मिलने की आशा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र रोजगार के अवसर सृजित करने वाला प्रमुख क्षेत्र है और अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि में इसका महत्वपूर्ण योगदान है जीएसटी इस वर्ष अक्टूबर में वस्तु और सेवा कर से एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली हुई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

इसके लिए यात्रियों को गूगल प्ले स्टोर या विंडो स्टोर से अपने मोबाइल पर यूटीएस एप डाउनलोड करना होगा सभी जरूरी जानकारियां रजिस्टर करने के बाद यात्रियों को यूटीएस मोबाइल एप पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से वे लॉग इन करके सामान्य टिकट बुक करा सकेंगे उन्हें अब रेलवे आरक्षण काउंटर पर लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा रेलवे बोर्ड के यातायात विभाग के सदस्य गिरीष पिल्लई ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस नई सुविधा से यात्रियों को बहुत फायदा होगा मतदाता जागरूकता प्रदेश में चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए हर स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं इसी कड़ी में हर नागरिक तक ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली की जानकारी पहुँचाने की कोशिशें लगातार जारी है उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव जैन ने कल भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पत्र सचूना कार्यालय द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में बात कहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एम्स के निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबकों देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने की हर संभव प्रयास करने चाहिए और चुनावों में मताधिकार का विवेकपूर्ण प्रयोग करना इन जिम्मेदारियों में से एक हैं कार्यक्रम में पीआईबी भोपाल के उप निदेशक अखिल कुमार नामदेव ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य और अधिकार है जिसका हर हाल में पालन हमें सुनिश्चित करना हैं कार्यक्रम में एम्स के विद्यार्थी फैकल्टी और अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे

कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सुदाम खाडे ने लोगों से इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा सख्या में शामिल होने की अपील की है

जिनमें एक को निलंबित कर दिया गया है जबकि दूसरे को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है